अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा के अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना कामनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसियेशन इंडिया रिजन जोन थ्री के सर्वसम्मति से अध्यक्ष निर्वाचित हए हैं ग्वाहाटी में कामनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसियेशन की संयुक्त बैठक में पी डी सोना को असम के विधानसभा अध्यक्ष हितेंद्र नाथ गोस्वामी की जगह नया अध्यक्ष निर्वाचित किया गया अपने संबोधन में विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने पूर्वोत्तर राज्यों के विधानसभा के अध्यक्षों दवारा उनपर भरोसा जताने के लिए आभार व्यक्त करते हए लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के प्रति वचनबद्धता व्यक्त की

इस बैठक में अंजाव लोहित नामसाई वेस्ट कामेंग तवांग सी योमी और अपर स्बनसिरी जिले के जिला उपाय्क्तों और बी आर ओ के अधिकारियों ने वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया बैठक के दौरान म्ख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों से बेहतर तालमेल के साथ परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा